कोरोना संक्रमण की रोकथाम की खातिर अधिक से अधिक जांच के लिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित किए इंक्यानवे दशमलव चार छह प्रतिशत विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण मौसम विमाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी

डोंगरगढ़ विधायक भूवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है इस प्राधिकरण में विधायक किस्मतलाल नंद और उत्तरी जांगड़े को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साह की नियुक्ति की गई है विधायक प्रकाश नायक और रामक्मार यादव को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है संस्कृति परिषद छत्तीसगढ़ की लोककला और संस्कृति को सहेजने तथा संवारने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है इससे राज्य की कला संगीत और भाषायी विकास के लिए एक ही छत के नीचे एकीकत प्रयास किया जा सकेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की विधिवत् मंजूरी दे दी गई है इस परिषद के अंतर्गत सभी इकाइयों को एकरूप किया जाएगा

रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में आज सत्रह नये मरीजों की पृष्टि हई है इनमें माठ स्थित आईटीबीपी कैम्प के दस जवानों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सात मरीज शामिल हैं दूसरी ओर बिलांसपुर जिले में अट्ठारह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है इनमें बिल्हा क्षेत्र से दस मस्तुरी क्षेत्र से सात और बिलासपुर शहर से एक मरीज शामिल हैं वहीं कोंडागांव जिले में आज कोरोना संक्रमण के चार मामले सामने आए हैं ये सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं और बयनार के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे इसी तरह रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक दो के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है उधर नारायणपुर जिले में कल कोरोना संक्रमित अट्ठारह मरीज मिले थे इनमें आईटीबीपी के तेरह जवान भी शामिल हैं जिन्हें पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था राजनांदगांव जिले में भी कल कोरोना पॉजीटिव ग्यारह मरीजों की पहचान हई थी इनमें आईटीबीपी कैम्प से छह मानपुर और खैरागढ़ से दो दो तथा राजीव नगर से एक मरीज शामिल है वहीं दर्ग जिले में आज तीन नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इसी जिले के निक्म विकासखंड के ग्राम बोरीगारका में दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कोरोना पॉजीटिव पाए जोने के बाद उनके संपर्क में आने वाले तिहत्तर लोगों का टेस्ट किया गया साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र के सभी बच्चों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन क्रमांक एक नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर में शिविर लगाकर इक्कीस सफाईकर्मियों के सैंपल कोरोना जांच के लिए गए

इसके तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बीती रात शहर के विभिन्न मार्गो पर पलैग मार्च किया रायगढ़ जिले के सारंगढ़ खंड चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को सुचना दिए बिना कोरोना पॉजीटिव मरीजों का इलाज करने के मामले में दो झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है वहीं कोंडागांव जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने क्वारेंटाइन सेक्टर और पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं सैंपल कलेक्शन सेंटर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा संमावित मरीजों की जांच करने के उद्देश्य से सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सैंपल कलेक्शन सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं ये सेंटर ऐसी जगह स्थापित किए जाएंगे जहां लोग आसानी से पहंच सके विभाग ने व्यापक प्रचार प्रसार के जरिये इन सेंटरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोग कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर खुद होकर नजदीकी सेंटर में जाकर सैंपल दे सकें इन सेंटरों में सर्दी जुकाम खांसी और बुखार के पीड़ितों की जांच कर उनके सैंपल एकत्रित किए जाएंगे वर्तमान में जिला अस्पताल सिविल अस्पतालों सामुदायिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रज्ञाता के नाम से संबंधित इन दिशा निर्देशों को आज जारी किया इन दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन तीस मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनट के दो सत्र से ज्यादा नहीं होंगे इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनट के अधिकतम चार सत्र निर्धारित किए गए हैं श्री पोखरियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय बंद करने पड़े हैं जिसका असर देश के चौबीस करोड़ से ज्यादा बच्चों पर पडा है उन्होंने कहा कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश ऐसे च्चों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जो घरों में रहकर पढ रहे हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ये दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा मनरेगा राज्य शासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने पर्याप्त संख्या में ऐसे कार्यो को स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें बारिश के मौसम में भी कराया जा सके पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है विभाग ने बारिश के सीजन में कराए जा सकने वाले कार्यों की सुची भी कलेक्टरों को भेजी है

यह खोद्यान्न इन परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिमाह मिलने वाले चावल के अतिरिक्त होगा ये अतिरिक्त चावल और चना अंत्योदय प्राथमिकता निःशक्तजन एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारियों को मिलेगा सीबीएसई परिणाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं क्ल इंक्यानवे दशमलव चार छह प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं इस वर्ष भी तिरानये दशमलव तीन एक प्रतिशत के साथ लडकियों लडकों से आगे रही हैं इसमें नब्बे प्रतिशत से कुछ अधिक छात्र और करीब उनयासी प्रतिशत ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे ज्यादा निन्यानवे प्रतिशत और गुर्वाहाटी में सबसे कम उनयासी प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्वि हुई है छात्र अपने परिणाम सीबीएसई रिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर देख सकते हैं यह परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है एक ट्वीट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है बिरहोर जनजाति छात्रा मदद मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने बिरहोर विशेष पिछडी जनजाति की कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा कमारी निर्मला को आगे की पढाई के लिए स्वेच्छा अनुदान से एक लाख रूपये की राशि मंजुर की है साथ ही उन्हें आगे की पढाई की निःशल्क व्यवस्था और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है जंशपुर जिले के दलदला विकासखंड के ग्राम झरगांव निवासी कमारी निर्मला बिरहोर जनजाति की पहली छात्रा है जिन्होंने इस वर्षे बारहवीं बोर्ड की परीक्षा अंठावन प्रतिशत अंकों के साथ नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पत्लव और सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक डीएन लाल के समक्ष पांच माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया इनमें से एक माओवादी पर तीन लाख रूपये और दो अन्य पर एक एक लाख रूपये का इनाम घोषित था पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापस आईये अभियान से प्रेरित होकर इन माओवादियों ने बोदली कैम्प पहंचकर आत्मसमर्पण किया उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बैनर पोस्टर चस्पा कर माओवादियों से आत्मसमर्पण के लिए लगातार अपील की जा रही है आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई फसल बीमा दावा भुगतान प्रदेश के एक लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग चार सौ छियानवे करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है रबी फसलों के लिए किसानों को निर्धारित उपज से वास्तविक उपज कम प्राप्त होने और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए यह दावा राशि प्रदान की गई है रबी फसलों के बीमा के लिए बीमा कंपनियों को लगभग अंठावन करोड़ रूपये का प्रीमियम भुगतान किया गया था ईको क्लब पौधरोपण प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में ईको क्लब के सहयोग से पौधरोपण और किचन गार्डन का कार्य किया जाएगा समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक जितेन्द्र श्क्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों डाईट के प्राचायों और जिला मिशन समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन को स्कूल परिसर में पौधरोपण और किचन गार्डन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं निर्देश में कहा गया है कि शासकीय स्कूलों में बारिश के दौरान पौधरोपण के लिए बेहतर समय होता है ईको क्लब के सदस्यों और लोगों से स्कूलों में पौधरोपण के लिए पौधों का चयन करने कहा गया है साथ ही पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी ईको क्लब के सदस्यों की होगी

इसके तहत नियमित टीकाकरण के साथ साथ नौ माह से पांच वर्ष तक के एक लाख से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलायी जाएगी इस दौरान कोरोना संक्रमण के प्रोटोकाल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं चौदह अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में सभी संबंधित विभागों और मितानिनों का सहयोग लिया जाएगा मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है वहीं दक्षिण बस्तर में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक मानसून द्रोणिका स्थित है साथ ही चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के लिए नामांकन प्रस्ताव आगामी अट्ठाईस जुलाई तक ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव रामजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आ रिहे हैं इस दौरान वे रायपुर में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने को बाद अगले दिन गुरूवार को सुबह दिल्ली लौट जाएंगे प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि की वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की लेखापर्ची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है धमतरी में संयुक्त मोर्चा ने आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि वापस लेने सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा महासमंद जिले में पौने छह लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है पीडित सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में खाद दिलाने के नाम पर एक लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने रायगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है बस्तर जिले में नगरनार के पास पूलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर एक ट्रक के जरिये गांजे का अवैध परिवहन कर रहे दो युवको ँ को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब दो लाख रूपये का गांजा और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार कैम्प का आयोजन किया गया इस दौरान एक निजी उद्योग कंपनी द्वारा बारह श्रमिकों का चयन विभिन्न कार्यों में नियोजित करने के लिए किया गया रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव के लिए जिला कलेक्टर ने निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है साथ ही एक महीने के भीतर चुनाव कराने के लिए कहा है नारायणपुर में आदिवासी कला और संस्कृति विषय पर आज एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया